भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर कई सत्र होंगे इनका उद्देश्य नवनिर्वाचित भाजपा सांसदों में संसदीय आचरण और सार्वजनिक व्यवहार की समुचित जानकारी बढ़ाना है कार्यशाला में सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से संपर्क बनाए रखने वहां के मुद्दों को समझने और उन्हें संसद में उठाने के तरीकों की भी जानकारी दी जाएगी सार्वजनिक कल्याण से संबंधित मुददों को लोगों के समक्ष रखने के बारे में भी सांसदों को प्रशिक्षित किया जायेगा नमो एप और सोशल मीडिया के बारे में भी बताया जायेगा जावड़े कर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि आकाशवाणी कई वर्षों से एक विश्वसनीय संस्थान बना हुआ है उन्होंने कहा कि रेडियो का प्रसार देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि रेडियो सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम है श्री जावडेकर ने कहा कि निजी एफएम चैनल भी अब आकाशवाणी के समाचार प्रसारित कर सकते हैं

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रविन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां भाजपा नेता सहित सिथेटिक दुध निर्माताओं और अवैध बीकी करने वालों पर आज मामले दर्ज किये गये हैं

बारिश प्रदेश के कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश का दौर जारी है

उधर सागर जिले के जरूवाखेड़ा कस्बे में बीती रात हुई तेज बारिश से कई घरों में पानी भर गया

एक ओर जहां राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है वहीं उमरिया जिले के किसान बारिश की कमी से परेशान हैं आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि मक्के के छोटे छोटे पौधे और धान पानी की कमी की वजह से मुरझाने लगे हैं

जो औसत वर्षा से कम है

रात के समय तिरंगे पर हाईमास्क लाइट से रोशनी की जाएगी स्टेशन प्रबंधक वीके पालीवाल सीनियर सेक्शन इंजीनियर वीके शुक्ला सहित अन्य रेल कर्मियों की उपस्थिति में कल तिरंगा लगाने के लिए नीब रखी गई

जल शक्ति अभियान आगरमालवा जिले के सुसनेर में कल आयोजित किये गये एक कार्यक्रम में बारिश का पानी सहेजने और पेयजल का महत्व बताने के लिये कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें नगर परिषद के सीएमओ ने स्वसहायता समूह की महिलाओं को बताया कि क्षैत्र में पेयजल का स्तर काफी नीचे पहुंच गया है इसके लिये बारिश के पानी को रोकने के लिये मिलजुल कर प्रयास करना होगें इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाए मौजूद थी

जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को जोड़ने वाला पूल एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया है

ओरछा में आज से तीन दिवसीय सावन मेले का आयोजन किया जा रहा है

इस दौरान महिलाएं पौधारोपण करेगी